कहा निर्घारित समय में विकास परियोजनाओं का पूरा होना अब बन गया है एक वास्तविकता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कल राष्ट्र ने दी भावमीनी श्रद्वाजंलि दिवंगत नेता की समाधि को किया गया राष्ट्र को समर्पित कल सुशासन दिवस के रूप में मनायी गयी अटल जी की जयन्ती प्रदेश में आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम लोकभवन में लगेगी पूर्व प्रधानमंत्री की पच्चीस फुट ऊंची प्रतिमा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लम्बे रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बना करीब पांच किलोमीटर लम्बा यह एक डबल डेकर पुल है प्रधानमंत्री ने नए पुल से डिब्रगढ़ से धीमाजी तक की यात्रा भी की उन्होंने पुल पर चलने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने बाद में धेमाजी जिले में कारेंग चपोरी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए क्षेत्र में ढांचागत विकास पर अधिक जोर दिया गया है श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में सत्तर हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगले दो तीन वर्षो में पूर्वोत्तर के राज्यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि एन डी ए सरकार ने परियोजनाओं के अमल में टाल मटोल वाली कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को अब निश्चित समय सीमा में पूरा किया जा रहा है आज सुशासन दिवस पर मैं गर्व से कह सकता हूं कि लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी कार्य संस्कृति को हमने पूरी तरह बदल दिया है आज तय समय पर तय लागत में ही प्रोर्जेक्ट पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है श्री मोदी ने कहा कि यह पुल सैनिक साजो सामान के परिवहन में अहम भूमिका निभाएगा जिससे देश की रक्षा शक्ति मजबूत होगी उन्होंने इस पुल को पूर्वोत्तर के लिए जीवन रेखा बताया ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफ लाइन है इससे असम और अरूणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है ईटानगर से डिक्रगढ़ की रेल यात्रा अब दो सौ किलोमीटर से भी कम रह गई है ट्रेन से जिस सफर में पहले लगभग चौबीस घंटे लग जाते थे अब वही सफर सिर्फ पांच छह घंटे का रह गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूल का उदघाटन उन्हें सच्ची श्रद्वांजलि है क्योंकि उन्होंने ही इस परियोजना का शुभारंभ किया था पूर्व प्रधानमंत्री भारतरल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई देशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की श्री कोविंद ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सही अर्थो में राजनेता थे उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी हमेशा देश के लोगों के दिलों दिमाग में बसे रहेंगे श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र अटल जी के अमूल्य योगदान के लिए सदैव ही उनका ऋणी रहेगा उन्होंने कहा कि अटल जी एक मंजे हुए सांसद अतुलनीय प्रशासक दूरदर्शी राजनेता महान विद्वान ओजस्वी वक्ता सर्वप्रिय नेता और इन सबसे परे एक महान इंसान थे जो सद्भाव और सवाद में विश्वास रखते थे उन्होंने गरिमापूर्ण राजनीति का मार्ग अपनाया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की और अटल जी के सपनों का भारत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्वता दोहराई सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा कि अटल जी सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत थे वे सबको साथ लेकर भारत को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते थे कल सवेरे पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि सदैव अटल को राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रदेश में भी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पचानवे जयन्ती कल सुशासन दिवस के रूप में मनायी गयी इस अक्सर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये लखनऊ के लोकभवन में राज्यपाल राम नाईक केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावमीनी श्रद्वांजलि अर्पित की इसके बाद लोकभवन में महानायक अटल विषय पर आयोजित परिचर्चा में अपने विचार व्यक्त करते हुये राज्यपाल रामनाईक ने कहा कि अटल जी राजनीति के महानायक तथा देश के सर्वमान्य नेता थे केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी को विलक्षण प्रतिभा का धनी बताते हुये कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुये व्यवहार आचरण और कार्यशैली अटल जी से सीखने की जरूरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद करते हुये अपने सम्बोधन में कहा कि उनका उत्तर प्रदेश से अट्ट संबंध था श्री योगी ने कहा कि अटल जी को अनेक पदों पर रहते हुये जो सम्मान प्राप्त हुआ वह अदभुत है उन्होंने कहा कि लोकभवन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पच्चीस फुट ऊॅची प्रतिमा स्थापित की जायेगी केन्द्रीय गृहमंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन पर गोमती नदी के कुड़िया घाट पर एक सौ इकसठ करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा लखनऊ को खूबसूरत शहर बनाने के लिये यहां सुनियोजित तरीके से विकास कार्य कराये जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिद्दार्थनगर जिले में प्रस्तावित राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज सिद्वार्थनगर जनपद के साथ ही आसपास के जिलों के लोगों और मित्र राष्ट्र नेपाल से आने वाले रोगियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करायेगा उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों में और निकटता लाने का प्रयास केन्द्र सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है देश प्रदेश और पूरी दुनिया में कल क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर कल प्रदेश भर में गिरिजा घरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया था गिरजा घरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये विभिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किये गये कई जिलों में कई स्थानों पर क्रिसमस मेलों के भी आयोजन हुए महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की एक सौ सत्तावनवीं जयंती पर कल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उन्हें श्रद्वापूर्वक स्मरण किया गया काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के परिसर में लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर के उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की वहां एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में भी मालवीय जी की जयंती ध्मधाम से मनायी गयी अन्य स्थानों पर भी लोगों ने मालवीय जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का स्मरण किया प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में अगले तीन चार दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है मौसम विभाग के अधिकारी चरण सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि पंजाब राजस्थान और हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी प्रदेश के बिजनौर जिले में तापमान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है कल जिले में न्यूनतम तापमान एक दशमलव छ डिग्री सेल्सियस था